वैशाली जिले के जनदाहा प्रखंड के प्रमूख की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की

और प्रदेश में मॉनसून के सकिय होने से कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश

वे उनासी वर्ष के थे वे दस बार लोकसभा सांसद और दो हजार चार से दो हजार नौ तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है वैशाली जिले के जनदहा प्रखंड के प्रमुख और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता मनीष सहनी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि कार्यालय से निकलने के दौरान मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया इधर हत्या से आक़ोशित लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी भीड़ को काब्र में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है पटना के राजीव नगर स्थित आसरा गृह में रह रही दो महिलाओं की मौत के मामले में आश्रय गृह चलाने वाली संस्था के सचिव और कोषाध्यक्ष की आज पटना स्थित एक अदालत मे पेशी हुई बाद मे दोनों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया इससे पहले जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने दोनों से कड़ी पूछताछ की आसरा गृह में काम कर रही दो महिला कर्मचारियों को भी हिरासत मे लेकर पूछताछ की गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है पटना के सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात की जांच करेगी कि किस स्तर पर लापरवाही बरती गयी इधर राज्य के समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मामले की जांच में जो भी दोषी पाये जायेगें उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रजेश ठाकुर का स्वास्थ्य सामान्य है और उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस कारण उसे जेल के अस्पताल वार्ड में रखा जाये रिपोर्ट के बाद इस बात की संभावना बन गयी है कि सीबीआई जल्द ही ब्रजेश ठाकर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पूर्व में भी जांच एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर के स्वास्थ्य की जेल अधिकारियों से जानकारी ली थी इधर जेल मे ब्रजेश ठाकुर के कमरे से जब्त मोबाइल नम्बरों के मामले में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है केन्द्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर लगातार अग्रसर है आज नवादा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि उज्जवला उजाला और सौभाग्य जैसी योजनाओं से आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सालों से लंबित पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक को संसद से पारित करा कर संवैधानिक दर्जा दिलाया है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रवैये के कारण तीन तलाक विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं किया जा सका श्री सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ी तो केन्द्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश ला सकती है पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट की कमी के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट के कितने स्वीकृत पद हैं और उनमें कितने पद खाली हैं न्यायालय ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है अंतराष्ट्रीय अंगदान दिवस पर आज पटना के रविन्द्र भवन में संकल्प महोत्सव का आयोजन किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से आगे आकर अंगदान के लिए सहमति देने की अपील की वहीं कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में अब तक लगभल साढे नौ हजार लोगों ने अंगदान देह दान की स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि दो अक्तूबर से राज्य के सात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नेत्र बैंक काम करने लगेंगे इस अवसर पर मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे सावन की तीसरी सोमवारी पर प्रदेश के शिवालयों और शिवमंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर पूर्वी चंपारण के अरेराज शिव मंदिर रोहतास के गुप्ता धाम खुसरूपुर के बैकटपुर शिव मंदिर और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से पच्चीस कांवरिया घायल हो गये गंगा नदी के पहलेजा घाट से जल भरकर बड़ी संख्या में मंदिर में जलामिषेक करने के लिए आ रहे कांवरियों की भीड़ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आमगोला पुल पर अनियंत्रित हो गयी इस कारण वहां भगदड़ मच गयी और बैरियर टूट गया हादसे में दो महिलायें बेहोश हो गयीं जबकि कई कांवरियों को चोटें आयीं हैं घायल कांवरियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सकिय होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है वहीं उत्तर पश्चिमी और पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण बिहार के अलावा पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटो के दौरान राज्य में पांच से बारह सेंटीमीटर बारिश हुई है सबसे अधिक बारह सेंटमीटर बारिश मधुबनी जिले के झंझारपुर और ग्यारह सेंटीमीटर बारिश मधवापुर में रिकॉर्ड की गयी इधर पटना मुजफ्फरपुर वैशाली समस्तीपुर दरभंगा शिवहर गोपालगंज सिवान सारण वैशाली सीतामढी गया जहानाबाद नालंदा और डिहरी में सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है इधर शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के नीरपुर गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गयी इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से उपर बना हुई है वहीं गंगा नदी पटना के गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान के आस पास बनी हुयी है घाघरा नदी सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में गंडक गोपालगंज के डुमरिया घाट बूढी गंडक खगडिया में बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और कमलाबलान मधुबनी के झंझारपुर में लाल निशान के पास बनी हुयी है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के डुब्बाघाट और ढेंग में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है रेलवे की सहायक लोको पायलट और तकनीकी परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कल तीन विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा पहली ट्रेन बरौनी से सिकंदराबाद के लिए बरौनी जंक्शन से शाम साढे चार बजे खुलेगी वहीं दानापुर से सिंकदारबाद के लिए विशेष ट्रेन दानापुर स्टेशन से रात्रि साढ़े दस बजे खुलेगी जबकि रात्रि ग्यारह बजे दरभंगा से इंदौर के लिए विशेष ट्रेन दरभंगा स्टेशन से रवाना होगी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक अन्य रेलगाड़ी पंद्रह अगस्त को दिन के ग्यारह बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन से भुवनेश्वर के लिए खुलेगी पश्चिम चंपारण जिले के थरूहट के मलकौली गांव में चंपापुर गनौली पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या में शामिल नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पूलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है पूर्वी चंपारण जिले के सिकटा रेलवे स्टेशन के पास से एसएसबी के जवानों ने लगभग पचासी हजार रूपये मूल्य के जाली नोटों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरमा के पास एक ऑटो रिक्शा की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत से आकोशित लोगों ने ऑटो मे आग लगा दी और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके पास से दो लाख रूपये लूट लिये

और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का उनासी वर्ष की उम्र में निधन

वैशाली जिले के जनदाहा प्रखंड के प्रमुख की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की

और प्रदेश में मॉनसून के सकिय होने से कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश